मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सोलन जिला के बददी बरोटीवाला क्षेत्र में श्रमिकों को आपातकाल स्थिति में रहने के लिए उचित प्रबंध करने को लेकर बूनियादी ढांचा तैयार करने पर विचार कर रही है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 मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक ेस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के भूमि मापदंडों में ढील देने का भी आग्रह किया है गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस संकटकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है

उन्होंने कहा कि किसानों बांगवानों की समस्याओं के निपटारे और उनकी फसलों के बेहतर विपणन की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए कल्लू जिला में एक समिति का गठन किया गया है गोविंद ठाकर ने कहा कि सभिति की रिपोर्ट के आधार पर जिले में बागवानों के हित में त्वरित कदम उठाए जाएंगे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 उन्होंने बिलासप्र में पीपीई किट और सचिवालय में सैनिटाइजर की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं सोलन से हमारे जिला संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बताया कि इनमें दिल्ली से लौटे रामशहर के मां बेटा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि तीसरा संक्रमित व्यक्ति बीबीएन के भूड का निवासी है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

कांग्रेस के बाद अब घाटी के भाजपा पदाधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से समदो ग्राम्फू सड़क को बीआरओ के अधीन रखने की पैरवी की है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 परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं